मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है वहीं प्रतिदिन स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित होने वाले लोगों से अधिक बनी हयी है

राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या दो लाख छ हजार छ सौ पन्द्रह है

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर पचासी दशमलव सात प्रतिशत है उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड नमनों की जांच तेजी से जारी है

प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य निरन्तर चल रहा है प्रदेश के सभी जनपदों में पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है

आज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है

यह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती भी है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय है ए वॉयस दू लीड ए विजन फोर फ्यूवर हेल्थ केयर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर कोविड महामारी से लडाई में अग्रणी भूमिका निमा रही नर्सों का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत की दिशा में नर्सों की कर्तव्य दया और प्रतिबद्वता की भावना अनुकरणीय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अन्तर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सभी नर्सों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सिंग स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान है कोविड महामारी के समय में नर्स अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्वाओं के रूप में पूरी निष्ठा के साथ रोगियों की सेवा कर रहीं हैं केन्द्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का मुकाबला करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी दवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाए किए हैं कोविड से ठीक होने के बाद कई लोगो में म्यूकोरमाइकोसिस वीमारी के लक्षण दिखते है इस बीमारी से निपटने के लिए एम्फोटेरिसिन बी की मांग भी हाल ही में काफी बढ़ी है केंद्र सरकार ने इस दवा के उत्पादकों से उत्पादन बढ़ाने को कहा है इस दवा के अतिरिक्त आयात और देश में इसके उत्पादन में वृद्दि से इसकी आपूर्ति में सुधार आने की संभावना है विदेशों से प्राप्त होने वाली इस दवा का केंद्रीय औषध विभाग ने राज्यों को आवंटन किया है राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी और निजी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य देखभाल एजेंसियों के बीच इस दवा का समुचित बंटवारा करें राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने चत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी दीईदी को अगले आदेश तक के लिये स्थगित कर दिया है कल जारी बयान में कहा गया कि परीक्षा की नई तिथि और परीक्षा सम्बन्धी विस्तुत कार्यक्रम कोविड संक्रमण व अन्य परिस्थितियों को देखते हुए बाद में जारी किया जाएगा कोरोना से संक्रमित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबियत में थोड़ा सुधार हुआ है अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि श्री आजम खान की ऑक्सीजन की मांग कम हयी है और वे भोजन कर रहे हैं हालांकि अगले बहत्तर घंटे उनके स्वास्थ्य के लिये महत्वपूर्ण होंगे सपा नेता और उनके बेटे को नौ मई को सीतापूर जेल से लखनऊ के निजी अस्पताल में उपचार के लिये भर्ती कराया गया था